पिछले चौबीस घंटों में छह सौ छप्पन नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेईस हजार तीन सौ चौंतीस हो गई है कल सबसे अधिक एक सौ नब्बे मरीज धनबाद जिले में मिले वहीं सत्रह मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर दो सौ सैंतालीस हो गया है जबकि कल छह सौ अठारह लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली अबतक चौदह हजार सात सौ निन्यानबे लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं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

जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईईई को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायड् और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मौजूदा प्रतिबंधों के अंतर्गत मॉनसून सत्र के लिए दोनों सदनों के चेम्बरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है श्री नायडू ने निर्देश दिया है कि परीक्षण पूर्वाभ्यास और अंतिम निरीक्षण सहित सभी प्रबंध इस महीने के तीसरे सप्ताह तक पूरे कर लिए जाने चाहिए व्यवस्थाओं के अनुसार राज्यसभा चेम्बर और दीर्घाओं तथा लोकसभा चेम्बर का इस्तेमाल मॉनसून सत्र के दौरान सदन के दोनों सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा

विभिन्न राजनीतिक दलों को उनकी संख्या के आधार पर राज्यसभा के चेम्बर और दीर्घाओं में सीटें आवंटित की जाएंगी शेष सदस्य सत्ताधारी और अन्य के लिए बनाए गए दो ब्लॉकों में लोकसभा के चेम्बर में बैठेंगे

यह राज्य बिहार झारखण्ड मध्य प्रदेश ओडिशा राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड के प्रभाव से अपने गांवों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने और उन्हें सशक्त करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है

स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले कोरोना योद्वाओं को उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा कि अभी तीन वैक्सीन परीक्षण को विभिन्न चरणों में हैं और वैज्ञानिक इनकी सफलता के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं श्री चौबे ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में इस मिशन के शुभारंभ की घोषणा की थी स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एतिहासिक निर्णय है इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव होगा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिये जायेंगे जिससे चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच आसान होगी इस कार्ड में रोगी के स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी होगी जिससे चिकित्सक रोग का निदान कर सटीक उपचार शुरू कर सकेंगे रामगढ़ जिले में पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के लिए व्यापारियों से लेवी मांगने वाले दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है ये दोनों रामगढ़ हजारीबाग तथा रांची जिले के कई जगहों पर लेवी मांगने के आरोप में फरार चल रहे थे इन दोनों की गिरफ्तारी पतरातू एसडीपीओ के द्वारा एक विशेष टीम के गठन के बाद बड़कागांव से की गई भुरकुंडा के कोयला व्यवसायी से मोबाइल में व्हाट्सएप द्वारा लेवी मांगते वक्त पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया

पीटीपीएस के संपदा पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद के आदेश पर अनाउंसमेंट के द्वारा करीब आधा दर्जन गांव के लोगों को आज सुबह से ही अलर्ट किया जा रहा है गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के सुस्ती हनवार और धबरा स्थानों पर बिरसा हरित योजना के तहत आम के सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पौधरोपण की शुरूआत की गई मौसम विभाग ने गढ़वा और पलामू समेत कई जिलों में भारी बारिश और वजपात की चेतावनी जारी की है राज्य के अलग अलग जिलों में रुक रुककर बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार पलामू गढ़वा चतरा कोडरमा लातेहार तथा लोहरदगा में एक दो जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है

श्री माता वैष्णों देवी तीर्थ मंदिर की यात्रा लगभग पांच महीने के निलंबन के बाद कल से फिर शुरू हो गई

मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक तीर्थ यात्री को मास्क पहनना या चेहरा ढकना और मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डालना अनिवार्य होगा यात्रा के शुरूआत में सभी तीर्थ यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा